प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसानों और कामगारों को अनावश्यक कानूनों से मिलेगा छुटकारा कांग्रेस ने कृषि सुधार के लिए लाए गये विधेयकों की आलोचना की भाजपा ने कांग्रेस पर विधेयकों के बारे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया

आज हम आपको साम्प्रदायिक सदभाव के बारे में उनके विचार बता रहे हैं बापू ने पश्चिम बंगाल के सोदेपुर में प्रार्थना संबोधन के बाद लोगों से साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने और एकजुट रहने की अपील की थी

श्री नड़डा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमेशा कहते थे कि अनेक तरह की भाषा बोली संप्रदाय और धर्म होने के बावजूद प्रा देश एक है और यहां की रीति नीति और इस देश के मूल स्वभाव को पहचानते हुए आगे की योजना बनानी चाहिए गौरतलब है कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय का बचपन जयपुर के धानक्या में बीता धानक्या में एक स्मारक भी तैयार किया गया है यहां पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की नीतियों पर शोध का बडा कोन्द्र बनाया जाएगा

भरतपुर में हई संगोष्ठी में वक्ताओं ने पण्डित दीनदयाल को महान विचारक बताया प्रतापंगढ में इस मौके पर आम लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया

आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चअली संबोधित किया प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि अब किसान मौजूदा मंडियों के अलावा देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे देश के किसानों के पास जाए और उन्हें इन कानुनों के फायदे समझाएं

आज इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के मीडिया चेयरपर्सन रणदीप सुरजेवाला ने जयपुर में संयुक्त प्रेस वार्ता की श्री गहलोत ने कहा कि इन विधेयक को संसद में लाने से पहले किसानों व्यापारियों और अन्य हितधारकों से बात की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नही किया गया उन्होंने कहा कि विधेयकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का जिक्र नहीं है श्री गहलोत ने कहा कि ये कानून किसान विरोधी साबित होंगे इस मौके पर श्री सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर किसानों के साथ खड़ी है उन्होंने इन बिलों के नाम पर किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा की किसानों के हित में सरकार द्वारा लाये गये विधेयकों के बारे में कांग्रेस भ्रम फैला कर लोगों को गुमराह करना चाहती है

प्रदेश में कोरोना जांच का आंकड़ा लगभग तीस लाख तक पहुंच गया है राज्य में ये सभी जांच आरटी पीसीआर के जरिये की गयी हैं जो उपलब्ध विकल्पों में सबसे ज्यादा विश्वसनीय जांच मानी जाती है जोधपुर और जयपुर जिले में सबसे अधिक जांचे हुई हैं

इस बीच बांसवाडा में आज प्रभारी मंत्री राजेन्द्र यादव ने कोरोना के बढते मामलों के मद्देनजर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और विभिन्न व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिये वहीं बीकानेर के ड्रंगर कॉलेज में आज से नो मास्क नो एन्ट्री अभियान शुरू हुआ

इसके साथ ही अब तक जांच किए गए नमूनों की संख्या लगभग सात करोड हो गई है

यह भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लेगा आयोग चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर काम करेगा

इस मौके पर डॉ शर्मा ने आमजन से ज्यादा से ज्यादा संख्या में अंगदान का संकल्प लेने का आव्हान किया है

राजमार्ग पर कूछ वाहनों को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर है मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभ्यर्थियों द्वारा किए गए उपद्रव और प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है आज सुबह एक ट्वीट कर श्री गहलोत ने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए और किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें गौरतलब है कि प्रदर्शन के दौरान कल युवाओं ने पुलिस पर पथराव किया था और कई सरकारी वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया था

राज्य सरकार ने खनिज विभाग में बकाया और ब्याज माफी की एमनेस्टी योजना लागू करने की घोषणा की है

उन्होंने बताया कि विभाग की एमनेस्टी योजना तत्काल प्रभाव से तीन माह के लिए लागू की गई है